प्रदेश सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार कार्य किये जाने के लिए सभी जिलाधिकारियों तथा मण्डलायुक्तों से संवाद बनाया जाये उन्होंने कहा कि कोविड एवं नॉन कोविड अस्पतालों का नियमित निरीक्षण किया जाये क्वारंटीन सेन्टर तथा कम्यूनिटी किचन में पूख्ता इंतजाम किये जाये मुख्यमंत्री आज लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे

मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्यो को गति देने के लिए प्रभावी कार्य योजना बनाने के निर्देश दिये मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माण कार्यो के शुरू होने के बाद एक्सप्रेस वे मेडिकल कॉलेज विश्वविद्यालय सड़क नहर इत्यादि के निर्माण कार्यो में श्रमिकों को कामगारों का रोजगार दिया जा सकता है उन्होंने कहा कि उद्योग कृषि उद्यान निर्माण आदि के क्षेत्र में रोजगार की सभी सम्भावनाओं को तलाशा जाये

आगामी पन्द्रह जून से श्रमिकों कामगारों को रोजगार देने के सम्बन्ध में व्यापक कार्य योजना बना ली जाये

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में सेनिटाइजेशन कार्य लगातार किया जाये ग्राम्य विकास व नगर विकास विभाग स्ट्रीट वेंडरों को लोन दिलाने के लिए समन्वित कार्यवाही करें मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर जनपद आगरा मेरठ अलीगढ़ मुरादाबाद गौतमबुद्धनगर तथा फिरोजाबाद के मेडिकल कालेजों में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि इन मेडिकल कालेजों सहित प्रदेश के सभी कोविड व नॉन कोविड अस्पतालों में डाक्टर नर्स लगातार राउण्ड लेते रहें

अब जिले में ट्रू नेट मशीन द्वारा ब्लड सैंपल से कोरोना की जाँच हो सकेगी पहले कोरोना की जाँच के लिए सैंपल गोरखपुर भेजा जाता था और रिपोट आन में दो से चार दिन का समय लग जाता था लेकिन अब जिले में कोरोना जाँच सेन्टर के शुरू होने से रिपोर्ट जल्द उपलब्ध हो जायेगी अभी इस जाँच सेन्टर से एक दिन में चौबीस लोगों के कोरोना सैंपल की जाँच हो सकेगी गौरतलब है कि बस्ती जिले में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं अब तक दो सौ चाबीस लोग पाजिटिव पाये गये हैं और सात लोगों की कोरोना से मृत्यु हो चुकी है प्रदेश सरकार ने राज्य में कल से खुलने जा रहे धार्मिक स्थलों शॅापिंग मॉल होटलों और रेस्त्रां के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं इनमें केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा पहले जारी किये जा चूके दिशा निर्देशों की ज्यादातर बातें शामिल की गई हैं पर राज्य सरकार ने अपनी ओर से भी कुछ नए प्रतिबंधों की व्यवस्था इसमें जोड़ी है हमारे संवाददाता ने बताया है कि दिशा निर्देशों के अनुसार धार्मिक स्थलों में एक समय में पांच से ज्यादा लोगों के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी

सभी श्रद्धालओं को अपने जूते और चप्पल कार में ही छोड़ कर जाने होंगे और प्रबंधकों को जूते चप्पलों के लिए स्टैंड की व्यवस्था करनी होगी

मूर्तियों को छूना प्रतिबंधित रहेगा और चढ़ावे को प्रसाद के रूप में वितरित नहीं किया जाएगा इसके साथ ही सामूहिक गान के स्थान पर रिकॉर्डेड भजनों का इस्तेमाल होगा शॉपिंग मॉल और रेस्तरां के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं मॉल में एस्केलेटर का इस्तेमाल करने के लिए एक सीढ़ी की दूरी बनाकर रखनी होगी और होटलों तथा रेस्तरां में ऐसे कार्यक्रम नहीं आयोजित किया जा सकेंगे जिसमें भीड़ जुटे

सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ प्रदेश में धार्मिक स्थल शापिंग मॉल होटल और रेस्त्रा खोलने की तैयारियां शुरू कर दी गयी हैं

हमारे संवाददाता ने बताया है कि वाराणसी जिले में धार्मिक स्थल होटल और शॉपिंग मॉल को सुरक्षा और अन्य इंतजाम की समीक्षा के बाद खोला जायेगा एक रिपोर्ट जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि वाराणसी में सोमवार से धार्मिक स्थल होटल और माल नहीं खुलेंगे प्रदेश सरकार द्वारा जारी किये गये निर्देशों के अनुसार जिन धार्मिक स्थलों होटल और माल्स ने निर्धारित व्यवस्थाएं पूरी कर ली है उन्हें अपने संबंधित पूलिस स्टेशन में एक चेक लिस्ट भरकर जमा करनी होगी इस चेक लिस्ट के आधार पर सम्बंधित मजिस्ट्रेट और पुलिस के क्षेत्राधिकारी स्थलों का निरीक्षण करेंगे वहां निर्धारित सुरक्षा तथा सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों के बारे में पता लगाया जाएगा कि वे नियमानुसार है या नहीं निरीक्षण में संतुष्टि के बाद इन स्थलों को अगले दिन से ँ खोलने की अनुमति दी जाएगी येह निरीक्षण कल से शुरू होगा जिलाधिकारी ने लोगों से अपील की है कि वे सम्बंधित स्थलों पर जाने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि वह ख़ले हैं अथवा नहीं

देश में कोरोना से मृत्यु दर दो दशमलव आठ शून्य प्रतिशत है

अब तक छः हजार एक सौ पच्चीस मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं हज यात्रा निरस्त कराने पर हज यात्रियों द्वारा जमा की गयी धनराशि बिना किसी कटौती के वापस की जायेगी राज्य हज समिति के सचिव और कार्यपालक अधिकारी राहुल गुप्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि हज कमेटी ऑफ इण्डिया मुम्बई द्वारा निर्णय लिया गया है

इसके बाद उनकी रकम जारी कर दी जायेगी

सांसद जगदम्बिका पाल ने आकाशवाणो को बताया कि इस मदद का उद्देश्य है कि जिले में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोये इसमें दस कुन्तल आटा दस कुन्तल चावल और पाँच कुन्तल आलू शामिल है

लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मेडिसिन विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल परिचर्चा में भाग लें गो श्रोता स्ट्रडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल प्रछ सकते हैं